बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के तहत सुधार पहल जारी रखने तथा निवेश और प्ंजी निर्माण की अडचनें दूर करने पर भी चर्चा हुई केंद्रीय ग़हमंत्री वित्त मंत्रालय के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे

हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश ने वाय् सेना के विमानों से कोविड अस्पतालों पर प्ष्प वर्षा का नजारा देखा भारतीय वाय् सेना की ईस्टर्न एयर कमांड द्वारा आज कोरोना योद्वाओ के प्रति एकज्टता प्रदर्शित करने के लिए तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलग्न के सम्मान में उसके उपर प्ष्प बरसाएं गए इस अवसर पर ट्रिम्स के परिसर में चिकित्सकों नर्स पैरा मेडिकल स्टाफ सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे ट्रिम्स के निदेशक डॉ मोजी जिनि सहित तमाम चिकित्सकों और मेडिकल कर्मियों ने सेना के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हए कहा कि इससे उनके काम करने का आत्मविश्वास और बढ़ गया कई चिकित्साकर्मियों ने अपनी ख्शी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हे सम्मान देने का ऐसा तरीका उन्होंने पहले कभी नही देखा था इससे पहले मौसम खराब हो जाने के कारण वाय् सेना का हेलिकॉप्टर तेजप्र हवाई अड्डे से निर्धारित समय से उड़ान नही भर सका था लेकिन उसके बावजूद अस्पताल परिसर में चिकित्सा कर्मी उत्साह पूर्वक वाय्सेना के इस विशेष उड़ान की प्रतीक्षा कर रहे थे

उन्होंने जिला प्रशासन से आवश्यक वस्त्ओं की निर्बाध आपूर्ति स्निश्चित करने लोगों से मास्क पहनने और विस्तारित लॉकडाउन के बीच सामाजिक द्री का पालन करने पर जोर दिया

लॉकडाउन और पारिवारिक व्यस्तता में भी पश्चिम सियांग जिले के काबू गांव की महिलाओं ने घर पर भी आय जुटाने का तरीका ढूंढा है काबू गांव के महिला स्वयं सहायता संगठन काबू आलो हीको प्राथमिक स्तरीय परिसंघ मास्क बना रहा है जो उचित कीमत पर अरूणाचल प्रदेश डॉक्टर संघ को बेचे जा रहे हैं